केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फिर कहा सरकार वास्तविक किसान संघों के साथ बातचीत जारी रखने के लिए है इच्छुक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि केन्द्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा वचनबद्द है गुजरात के कच्छ जिले के धोर्डो में कल कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करना और इन्हें आश्वस्त करना जारी रखेगी

किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिक्तायों में से एक रहा है खेती पर किसानों का खर्च कम हो उन्हें नये नये विकल्प मिलें उनकी आय बढ़े किसानों की मुश्किलें कम हों इसके लिये हमने निरन्तर काम किया है प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी उनमें पानी के खारापन को दूर करने का संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा पर आधारित मिश्रित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और पूरी तरह स्वचालित दुन्ध प्रसंस्करण तथा पैकेजिंग संयंत्र शामिल हैं प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारो को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि कृषि सम्बंधी जो सुधार किए गये हैं वह वही है जिनकी किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां कई वर्षो से मांग कर रही थीं हाल में हुए क्रवि सुघारों की मांग बरसों से की जा रही थी अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर मी बेचने का विकल्प दिया जाये आज जो लोग विफ्स में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के सम्भन में थे लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाये किसानों को झूठे दिलासे देते रहे आज जब देरा ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गये हैं श्री मोदी ने कहा कि आज बदलते जमाने के अनुसार चलना और दुनिया के बेहतरीन तौर तरीको को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है उन्होंने इस सम्बंध में कच्छ के किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अब फलों का निर्यात करने लगे हैं इससे देश के किसानों में नई बातों को अपनाने के उत्साह का पता चलता है प्रधानमंत्री ने कहा कृषि डेयरी और मत्स्य क्षेत्र का पिछले दो दशकों में काफी विकास हुआ है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों और उनकी सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण में मदद मिली है

इस परियोजना के अन्तर्गत कल प्रयागराज से प्रारम्भ हुई पांच हजार एक सौ किलोमीटर पैदल यात्रा अगले वर्ष दस अगस्त तक चलेगी इस पद यात्रा के दौरान गंगा के दोनों तटों पर व्रक्षारोपण किया जायेगा इस पद यात्रा से गंगा सहित सभी नदियों के लिये पर्यावरण संरक्षण के लिये एक नई ऊर्जा का संचार होगा और लोगों में गंगा संख्कण के प्रति जागरूकता व सहमागिता बढ़ेगी इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश और समाज का विकास हो लेकिन प्राकृतिक स्रोतों को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाये उन्होंने लोगों से एकजुट होकर गंगा को निर्मल बनाये रखने का आह्वान किया

उन्होंने कहा कि कूम जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के लिये अमी तक देश में कोई शोध केन्द्र नहीं था यह केन्द्र कुम मेले से संबंधित शोध अमिलेखीकरण और ज्ञान विमर्श पर आधारित होगा उन्होंने कहा कि अध्ययन केन्द्र से देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्रयागराज के सांस्कृतिक स्वरूप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्मर भारत के निर्माण के लिये सामाजिक शोधों की बहुत जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में धान खरीद की प्रक्रिया नियमित मॉनीटरिंग करते हए यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को धान क्रय केन्द्रों पर अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा नहीं हो वह कल लखनऊ में एक बैठक के दौरान विमिन्न विमागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ठण्ड को देखर्त हुए राज्य में आवश्यकतानुसार अलाव जलाने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और जरूरतमंदों को कम्बल वितरित करने तथा रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के व्यापक प्रबंध किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेयजल योजनाओं मेडिकल तथा अन्य परियोजनाओं की डीपीआर समय से तैयार करते हुए इनका निर्माण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाये मुख्यमंत्री ने मंडलों में स्थापित किये जा रहे अटल आवासीय विद्यालयों में कार्यो को तेजी से पूर्ण करने के भी निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये हर स्तर पर सतर्कता बरती जाये और कांटैक्ट ट्रेसिंग तथा सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ मे एक उच्चस्तरीय बैठक में कोरोना संक्रमण की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर को पूरी तरह से सक्रिय रखा जाये और टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाये मुख्यमंत्री ने ऐम्बूलेंस सेवा को और सुदृढ़ बनाने के लिये आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश दिये

केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि सरकार असली किसान यूनियनों के साथ वार्ता को जारी रखना और खुले मन से समाधान चाहती है उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण एक प्रशासनिक निर्णय होता है और यह इसी तरह से तय होता रहेगा श्री तोमर ने कल नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश से आए भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों के साथ मुलाकात की यूनियन के नेताओं ने नए कृषि कानूनों का स्वागत करते हुए कहा कि ये किसानों के लिए फायदेमंद साबित होंगे उन्होंने कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कृषि कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कृछ सुझाव दिए गए थे बैठक के बाद सवाददाताओं से बातचीत में श्री तोमर ने बताया कि यूनियन ने इन कानूनों को किसानों के हित में बताते हुए उन्हें किसी भी कीमत पर वापस न लेने का आग्रह किया है भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहां आये हुए हैं और उन तीनों ने इन कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है सरकार के साथ हैं कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिये इन लोगों के मन में भी भ्रम था जब मैने वशिय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहां भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जायेंगे और बिलों के बारे में किसानों को बतायेंगे बैठक के दौरान यूनियन के नेताओं ने सुझाव दिया कि किसानों को विवाद की स्थिति में दीवानी अदालतों में जाने का विकल्प दिया जाना चाहिए उनका यह भी कहना था कि पंचायत प्रमुखों को मंडी प्रमुखों के बराबर महत्व दिया जाना चाहिए ताकि वे छोटे कस्बों और गांवों में किसानों के अधिकारों की रक्षा कर सकें आवश्यक वस्त् अधिनियम के बारे में उनका सुझाव था कि इसके जरिए जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जानी चाहिए किसान यूनियन के नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि सिंचाई के लिए बिजली की दरें कम की जानी चाहिए और उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक बिजली दी जानी चाहिए उनका एक सुझाव यह था कि फसल की गुणवत्ता खरीद केंद्र पर ही तय की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई समस्या न आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विमाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिया है कि ढाई सौ तक की आबादी के असीमित अवशेष गांव को जल्द ही सम्पर्क मार्गो से जोड़ दिया जाये उन्होंने कहा कि जिन गांवों के सम्पर्क मार्ग खराब है उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाये